भोपाल में कल स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ देने वाले चिकित्सकों के लिये प्रदेश स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाए वहीं जिला और सिविल अस्पतालों में सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान चलायें मिशन इंद्रधनुष केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दो दिसम्बर से संचालित मिशन इंद्रधनुष के तहत आज क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में कार्यशाला आयोजित की गई

मकर संक्रांति मकर संक्रांति का पर्व आज भी प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है होशंगाबाद उज्जैन ओंकारेश्वर सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्वाल़ओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया उज्जैन में कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाई खंडवा आगरमालवा शिवपुरी अशोकनगर सिवनी बड़वानी छतरपुर बैतूल छिंदवाड़ा सतना मंडला सीहोर दतिया जिले में भी हर्षोलास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मकर संक्रांति के मौके पर आज नगर में नेहरू युवा केन्द्र के सहयोग से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर संकीर्तन परिक्रमा निकाली गई

यह त्यौहार अच्छी फसल खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार के तौर पर भी मनाया जाता है